ये बात श्री खांडू ने कल कोलकाता में आयोजित इंडिया टूडे काँनक्लेव ईस्ट दो हजार अट्ठारह में भाग लेते हुए कहा उन्होंने कहा कि राज्यस्थापना दिवस से लेकर दो हजार तेरह तक अरुणाचल प्रदेश में प्रधान मंत्री द्वारा केवल चार दौरे सहित केंद्रीय मंत्रियो द्वारा पचास से भी कम दौरे किए गए थे लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर राज्य में खुद प्रधानमंत्री द्वारा दो बार और अन्य केंद्रीय मंत्रियो द्वारा सौ से भी ज्यादा दौरे किए जा चुके है श्री खांडू ने कहा कि केंद्र सरकार अब प्रदेश के काम पर और विचारों को वास्तविकता में बदलने पर अधिक जोर दिया जा रहा है पिछले महीने मनाई गई राष्ट्रीय पोषण माह में अरुणाचल प्रदेश ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए तीन पोषण पुरस्कार अपने नाम किए नई दिल्ली में आगामी दस अक्टूबर को होने वाले समारोह में मेबो के सी डी पी ओ माइलोंग ताकु मोयोंग और लेकांग की सी डी पी ओ शिलाकानी नामशूम को ब्लॉंक स्तर में नेतृत्व के लिए और तेजू की सुपरवाइजर मुरी एलप्रा को क्षेत्र कार्यकार्ता द्वारा व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए प्रस्कार प्रदान की जाएगी राष्ट्रीय पोषण माह का मुख्य उद्देश्य क्रपोषण की चुनौतियो को दूर करना और पोषण के महत्व के बारे में नागरिको के बीच जागरुकता पैदा करना था मुख्यमंत्री के सलाहकार सह बोरदुरिया बोगापानी के विधायक वांगलिन लोवांगडोंग ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना से तिरप जिले में अब कानून एवं न्याय व्यवस्था की स्थिति काफी सामान्य है ये बात श्री लोवांगडोंग ने कल तिरप जिले के बोरदुरिया में पूलिस स्टेशन के लिए आधारशिला रखते हुए कहा उन्होंने कहा कि तिरप चांगलांग और लोंगडिंग जैसे संवेदनशील जिलो में रह रहै लोगो ने पिछले कई दशको से क्षेत्र में कई कानून एवं न्याय समस्या का अनुभव किया है और ऐसे में बोरदुरिया जैसे अंचलो में पुलिस स्टेशन की स्थापना अत्यधिक महत्वपूर्ण है अपने संबोधन में जिला पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार मीना ने कहा कि क्षेत्र में शांति को बनाए रखने के लिए पुलिस और जनता को एक दूसरे का साथ देना चाहिए निर्वाचन आयोग ने मध्यप्रदेश मिजोरम राजस्थान छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है छत्तीसगढ़ में दो चरण में मतदान कराया जाएगा जबकि मध्य प्रदेश मिजोरम राजस्थान और तेलंगाना में एक चरण में मतदान हौगा नई दिल्ली में कल चूनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओ पी रावत ने बताया कि सभी राज्यों में ग्यारह दिसंबर को मतगणना कराई जाएगी उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव के लागू हो गई है उपचुनाव में डाले गए वोटों की गिनती छह नवंबर को की जाएगी सियांग जिला प्रशासन ने गत शुक्रवार को पांगिंग के गाबूंग धारा से संगम तक डबल लेन ट्रांस अरुणाचल हाईवे के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि की जानकारी सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेजो को राजमार्ग विभाग को सौंप दिया है

राजधानी पुलिस अधीक्षक एम हर्ष वर्धन ने बताया कि नाहरलगुन पुलिस स्टेशन में दो युवको द्वारा दायर शिकायत के बाद पुलिस दल ने जाल बिछाकर आरोपी व्यक्ति को नौकरी तलाशनें वालो के रुप में पेश किया और उन्हें लालच दिलाकर बंदरदेवा क्षेत्र से गिरफ्तार किया पुलिस अधीक्षक के अनुसार शिकायतकर्ता को प्रशासनिक शुल्क के रुप में दो हजार पाच सौ रुपए देने को कहा गया था श्री हर्ष वर्धन ने कहा कि आरोपी व्यक्ति के खिलाफ नाहरलगुन पुलिस स्टेशन में आई पी सी की धारा चार सौ बीस के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है

चार दिन के इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर के मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाएगा कौशल विकास महिला सशक्तीकरण आतंकवाद से जुड़े मुद्दे और कनेक्टिविटी जैसे विषय पर चर्चा होंगी इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर के कई सासंद और विधायक भी भाग ले रहे है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 आज का अधिकतम तापमान तैतीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बाइस दशमलव पाच डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार